श्री मोदी ने बिहार के चुनाव परिणाम को सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र की जीत बताया

हार के कारणों की समीक्षा के लिए राजद के नवनिर्वाचित विधायकों की भी आज पटना में हो रही है बैठक

और आज धनतेरस है

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

उन्होंने कहा कि भाजपा के पास साइलेंट वोटर का एक ऐसा वर्ग है जो उसे बार बार वोट दे रहा है और ये साइलेंट वोटर देश की महिला शक्ति है

प्रधानमंत्री ने चुनाव के शांतिपूर्ण और सफल संचालन के लिए निर्वाचन आयोग और स्थानीय प्रशासन को भी धन्यवाद दिया उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान चूनाव कराना कोई मामूली काम नहीं था लेकिन हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली इतनी मजबूत है कि इस संकट की घडी में भी चुनाव के सुचारू संचालन ने देश की शक्ति का प्रदर्शन किया है इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि बिहार के लोगों ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को समर्थन देकर नरेंद्र मोदी सरकार की कल्याणकारी नीतियों में विश्वास व्यक्त किया है उन्होंने कहा बिहार के लोगों ने गुंडाराज की अपेक्षा विकासराज को चुना

एनडीए के घटक दलों की बैठक का सिलसिला जारी है जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने कल पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ पटना में अपने आवास पर बैठक की पार्टी महासचिव के सी त्यागी ने कहा कि दीपावली के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं इस बीच विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी और हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने भी नीतीश कुमार से मुलाकात की है श्री मांझी ने बाद में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वे राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होंगे क्योंकि वे पूर्व में मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में हम और वीआईपी को चार चार सीटें मिली हैं सोलहवीं बिहार विधानसभा का कार्यकाल उनतीस नवम्बर को समाप्त हो रहा है और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप इससे पूर्व नई सरकार का गठन आवश्यक है इधर राजद के नवनिर्वाचित विधायकों की आज पटना में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर बैठक बुलायी गयी है पार्टी नेता तेजस्वी प्रसाद यादव बैठक की अध्यक्षता करेंगे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बैठक में पार्टी की हार के कारणों की समीक्षा होगी सत्रहवीं बिहार विधानसभा के लिए सम्पन्न हुए चुनाव में इस बार छब्बीस महिलाएं निर्वाचित हुई हैं पिछले विधानसभा चुनाव में अट्ठाईस महिलाओं को जीत मिली थी इस बार सबसे अधिक भाजपा से नौ महिलाएं विधानसभा सदस्य बनी हैं जबकि राजद से सात जदयू से छह कांग्रेस से दो और हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा तथा विकासशील इंसान पार्टी से एक एक महिला उम्मीदवारों की जीत मिली हैं इधर एडीआर की एक रिपोर्ट के अनुसार नवनिर्वाचित दो सौ तैंतालीस विधायकों में से एक सौ तिरसठ विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं दो हजार पन्द्रह के विधानसभा चुनाव के तुलन में यह आंकड़ा दस प्रतिशत अधिक है दागी विधायकों में राजद के सबसे अधिक चौवन शामिल हैं वहीं भाजपा के सैंतालीस जदयू के बीस कांग्रेस के सोलह और माले के दस विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं एआईएमआईएम के सभी पांच विधायकों पर आपराधिक मामले चल रहे हैं इसी रिपोर्ट के अनुसार नवनिर्वाचित विधायकों में से एक सौ चौरानवे करोड़पति हैं राजद के टिकट पर मोकामा से निर्वाचित हुए अनंत सिंह सबसे अधिक संपत्ति वाले विधायक हैं अनंत सिंह की चल अचल संपत्ति अड़सठ करोड़ रूपये से अधिक है वहीं दूसरे स्थान पर कांग्रेस के टिकट पर भागलपुर से निर्वाचित हुए अजित शर्मा है जिनकी संपत्ति तैंतालीस करोड़ रूपये से अधिक है इस कड़ी में तीसरा नाम नवादा की राजद विधायक विभा देवी का आता है जिनके नाम पर उनतीस करोड़ रूपये से अधिक की संपत्ति है वहीं मात्र सत्तर हजार रूपये की संपत्ति के साथ अलौली से राजद विधायक रामव्रक्ष सदा सबसे गरीब विधायक हैं एडीआर की रिपोर्ट के अनूसार चौहत्तर नवनिर्वाचित विधायकों की शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन है वहीं पोस्ट ग्रेजुएट विधायकों की संख्या इकतीस हैं नौ विधायक ऐसे हैं जिन्हे सिर्फ अक्षर ज्ञान है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और कोविड से बचाव के एहतियाती उपायों के बीच विधान परिषद के द्विवार्षिक चूनाव के तहत स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की चार चार सीटों के लिये मतों की गिनती जारी है पटना दरभंगा तिरहुत और कोसी स्नातक क्षेत्र तथा पटना दरभंगा तिरहुत और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिये बाईस अक्टूबर को मतदान हुआ था निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार परिणामों के बाद किसी भी प्रकार के विजय जुलूस और मजमा लगाने पर रोक रहेगी विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की आठ सीटों के लिये एक सौ पांच उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से कुल साठ जबकि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिये कुल पैंतालीस उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर बढ़कर छियानवे दशमलव छह चार प्रतिशत हो गयी है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार कमी आ रही है अब तक दो लाख सत्रह हजार चार सौ बाईस मरीज ठीक हो चुके हैं इस समय छह हजार तीन सौ बानवे मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है वहीं इस वैश्विक महामारी से राज्य में अब तक एक हजार एक सौ बासठ मरीजों की मौत हो चुकी है आज धनतेरस है आज के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है ऐसी मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान आज ही के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत से भरा कलश लेकर प्रकट हुये थे आज के दिन सोना चांदी के साथ साथ अन्य बहुमूल्य धातुओं की खरीद का प्रचलन है मान्यता है कि इससे घर में सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है धनतेरस को लेकर पटना सहित प्रदेशभर में दुकानों पर सुबह से ही विशेष रौनक देखी जा रही है आभूषण की दुकानों गाड़ियों के शोरूम और इलेक्ट्रोनिक्स तथा बर्तन की दुकानों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यवासियों को धनतेरस की शुभकामनाएं दी है प्रदेश भर के मौसम के रूख में तेजी से बदलाव हो रहा है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले एक सप्ताह में पारा और गिरेगा तथा कुहासा लगने की संभावना है विभाग ने कहा है कि आज से पटना समेत दक्षिण बिहार के अधिकांश हिस्सों में उत्तर पश्चिमी हवा चलेगी जिससे न्यूनतम पारा में गिरावट आने के साथ ही ठंड में बढ़ोतरी होगी पन्द्रह नवम्बर के बाद राजस्थान से पश्चिमी विक्षोभ बिहार में प्रवेश करेगा जिसके बाद मौसम के रूख में तेजी से बदलाव की संभावना है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संबोधन और राज्य में नई सरकार के गठन को लेकर जारी हलचल की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने लिखा है नीतीश कुमार के नेतृत्व में संकल्प सिद्ध करेंगे पीएम प्रभात खबर ने इसी समाचार को अपनी पहली सुर्खी बनाते हुए लिखा है बिहार में विकास की जीत पीएम अखबार की एक अन्य खबर है नीतीश ने कहा जनता मालिक एनडीए को बहुमत के लिए नमन दैनिक जागरण लिखता है दीपावली के तुरंत बाद नीतीश ले सकते हैं मुख्यमंत्री पद की शपथ दैनिक भास्कर ने लिखा है जिन सीटों पर महिलाओं को पुरूषों से दस प्रतिशत अधिक वोट उनमें तिरपन पर एनडीए जीता दैनिक आज की सुर्खी है भारत और चीन तीन दिन तक रोज तीस प्रतिशत सैनिक वापस बुलायेंगे राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है उत्पादन क्षेत्र के दस सेक्टर को दो लाख करोड़ रूपये का बूस्टर डोज

श्री मोदी ने बिहार के चुनाव परिणाम को सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र की जीत बताया

हार के कारणों की समीक्षा के लिए राजद के नवनिर्वाचित विधायकों की भी आज पटना में हो रही है बैठक

और आज धनतेरस है